आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कल से लोगों के संपर्क के सभी स्थानों पर बैनर पोस्टर स्टिकर्स लगाए जाएंगे रेलवे स्टेशनों एयरपोर्ट बस ऑटो स्कूल कॉलेज आंगनबाड़ी केंद्र हाउसिंग सोसायटी दफ्तर बाजार प्लिस स्टेशन जैसी जगहों पर जनचेतना की मुहिम चलेगी सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जाएगा उन्होंने अपेक्षा की है कि आमजन भी इस आंदोलन में शामिल होंगे उन्होंने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण से हई मृत्य् की दर कम है जबकि रिकवरी रेट अधिक है इसको आगे बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में डरने की नहीं लेकिन सावधानी की जरूरत है खासकर सर्दियों में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए उन्होंने कहा कि कोरोना के उपचार की कोई वैक्सीन नहीं है इससे बचाव केवल तीन सूत्री सूरक्षा कवच ही कर सकता है जो है मास्क लगान फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना और बार बार हाथ धोना मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने प्राकृतिक गैस मार्केटिंग स्धार का फैसला भी लिया है

पेयजब सीएम म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि लोगों को ग्णवत्ता य्क्त पेयजल मिले और पानी के उपभोग के अन्सार ही बिल भ्गतान हो इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मीटर लगाने के साथ ही पानी की खपत के अनुसार ही लोगों से चार्ज लिया जाए इसके लिए एक सरल और स्पष्ट नीति बनाई जाए साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मानकों का निर्धारण करना जरूरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एक रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है इस योजना के तहत उत्तराखण्ड के सभी ग्रामीण परिवारों को पीने का स्वच्छ पानी नलों के जरिए पहंचाया जायेगा जल संस्थान स्वजल और पेयजल निगम को इसके लिए कार्यदायी एजेंसी बनाया गया है बैठक में म्ख्यमंत्री ने ईज आफ डूईग बिजनेस की रैंकिंग में स्धार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्धार की प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए त्योहार गाइडलाइंस स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं इस अवसर पर लोग सामुहिक पुजा मेले रैली प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान रोकथाम के उपाय पर अमल करना जरुरी है

रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक न होने का ध्यान रखने एक द्रसरे से स्रक्षित द्री बनाए रखने और आवश्यक रूप से मास्क पहनने को भी कहा गया है मंत्रालय के अन्सार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहंचने की बजाय कृछ अंतराल पर पहंचे दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सवों का आयोजन करने की इजाजत होगी

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अलग अलग रणनीति के माध्यम से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयास किये जा रहे हैं

इस अवसर पर सीनियर सिटीजन रणजीत सिंह भण्डारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए मास्क उपलब्ध कराये गए हैं बागेश्वर के उपजिलाधिकारी ने सीनियर सीटिजन समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि आम जनमानस के सहभागिता और जागरूकता से ही कोरोना संक्रमण को रोकने में सफलता मिलेगी

उरेडा के इंजीनियर पी एस जंगपानी ने बताया कि ऊर्जा निगम दवारा इसे उरेडा को हस्तांतरित किया गया

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद और इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के बीच एक अन्बंध के तहत झील में होने वाले साहसिक खेलों के लिए आईटीबीपी स्थानीय नौजवानों को प्रशिक्षित करेगी जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि टिहरी जिले में साहसिक खेल गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं कनेक्टिविटी की ृष्टि से जौलीग्रांट का हवाईअड्डा और चारधाम यात्रा के लिए बन रही ऑलवेदर रोड से भी नजदीक होने के कारण पर्यटकों के लिए भी सुविधाजनक है